वित्तमंत्री तरूण भनौत ने केन्द्र सरकार पर प्रदेश की बजट राशि में कटौती का आरोप लगाया एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश के युवा मणिपुर में राज्य की सस्कृति का दे रहे हैं परिचय न्यूजीलैण्ड ने पहले किकेट टेस्ट मैंच में भारत को दस विकेट से हराया मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री कमलनाथ आज झिण्डोरी में माता शबरी जयंती पर आयोजित समारोह और आदिवासी सम्मेलन में भाग लेंगे वे आज सुबह जबलपुर पहॅचेंगे और वहां से डिण्डोरी रवाना होंगे ट्रम्प दौरा अमरीका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प दो दिन की भारत यात्रा पर आज सपरिवार अहमदाबाद पहुंचेगे अहमदाबाद में श्री ट्रम्प साबरमती आश्रम जाएंगे और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ रोड शो में भाग लेंगे दोनों नेता मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम में नमस्ते ट्रम्प कार्यक्रम में एक लाख से अधिक लोगों को सम्बोधित करेंगे स्टेडियम में इस कार्यक्रम के दौरान भव्य सांस्कृतिक आयोजन भी होगा बॉलीवुड गायक कैलाश खेर और पार्थिव गोहिल तथा गुजराती लोक गायंक कीर्तिदान गढ़वी गीता रबारी पुरूषोत्तम उपाध्यारय और साईराम दवे कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुरतियां देंगे

श्री भनौत ने कहा कि इस संबंध में मुख्यमंत्री जो भी बात कहीं है वह तथ्यों पर आधारित है उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने प्रदेश के हितों के साथ केन्द्र सरकार द्वारा किये जा रहे अन्याय का उल्लेख किया है वित्तमंत्री ने कहा कि केन्द्रीय योजनाओं में भी राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ा दी गई है

एनसीआरटी राज्य के सरकारी स्कूलों में चरणबद्ध तरीके से एनसीआरटी पाठ्यक्रम लागू किया जायेगा

जिससे विद्यार्थियों में शिक्षा का स्तर सुधारने में मदद मिल रही है चौधरी ने कहा कि निरन्तर निरीक्षण और अभिभावकों से संवाद जैसे कदमों से स्कूल शिक्षा में अच्छे नतीजे मिल रहे हैं पीएम किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मा्न निधि योजना का आज एक वर्ष पूरा हो रहा है यह योजना पिछले वर्ष आज ही के दिन शुरू की गई थी इसका उद्देश्य भूमि जोत वाले किसान परिवारों को कृषि और घरेलू जरूरतों के लिए आर्थिक सहयोग मुहैया कराना था

इसके अंतर्गत मणिपुर की राजधानी इम्फाल में युवा शिविर का आयोजन किया गया है

इसके तहत हम आपको मध्यप्रदेश के पार्टनर स्टेट मणिपूर की लोककला रहन सहन पर्यटन स्थलों और संस्कृति से रू ब रू करा रहे हैं

मौसम प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश और ओले गिरने से एक बार फिर ठंडक बढ़ गयी है पूर्वी मध्यप्रदेश में कई जगह बारिश के साथ ही ओले गिरे हैं डिण्डोरी के शहपुरा सहित ग्रामीण क्षेत्रों में कल तेज आंधी के साथ बारिश हुई और ओले गिरे सीधी जिले के कुसमी और मझौली में भी ओले गिरने की खगर है ओलावुष्टि के कारण कई गॉवों में किसानों की फसलों को नुकसान पहॅचा है भोपाल में भी कल से बादल छाये रहने के कारण तापमान में गिरावट आई है मौसम विभाग ने आज रीवा जबलपुर और शहडोल संभागों में गरज चमक के साथ बौछारे पड़ने की संभावना जताई है

पश्चिम मध्य रेलवे के महाप्रबंधक शैलेन्द्र कुमार सिंह आज बीना कोटा रेललाइन पर अशोकनगर सहित अन्य रेलवे स्टेशनों का निरीक्षण करेंगे

जबलपुर में ग्वारीघाट पर आज नर्मदा गौ कुंभ का शुभारंभ होगा जिसमें साधु संतों और अखाड़ो की अग्रवाई में पेशवाई निकाली जायेगी उमरिया जिले की चंदिया और नौरोजाबाद नगर परिषदों के वार्ड़ो के आरक्षण की कार्यवाही आज सम्पन्न कराई जायेगी